मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को कोरोना संक्रमित मृतकों के अंतिम संस्कार में उचित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के दिए निर्देश केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में मददगार बनी किसान सम्मान निधि योजना और देश सहित प्रदेशभर में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया ईद उल फितर का त्यौहार कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के साढ़े नौ करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्च्अल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा की घड़ी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है

इस योजना के तहत प्रतिवर्ष छह हजार रुपये तीन किश्तों में सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं केन्द्र सरकार प्रत्येक किसान की भूमि जोत के हिसाब से इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्ममान निधि योजना की आठवीं किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को कोरोना संकमित मृतकों के अंतिम संस्कार में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि शोक संतप्त परिवारों को मृतक के अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए पीपीई किट डैडबॉडी बैग और अन्य संसाधन प्रदान किए जाएं जयराम ठाक्र ने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी अपने अपने संबंधित इलाकों में नोडल अधिकारी होंगे अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में मददगार बनी है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये किसानों के आर्थिक उत्थान का बेहतरीन उदाहरण है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से साबित होता है कि केन्द्र सरकार किसानों की हितैषी है और उन्हें बिचौलियों से छुटकारा मिला है सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज सोलन से वर्चुअल माध्यम से राज्य स्तरीय आयुष घर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया ये कार्यक्रम आयुष विभाग और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना रोगियों को योग के माध्यम से स्वस्थ करने का प्रयास किया जाएगा राजीव सैजल ने इस अवसर पर होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉज़िटिव लोगों के घर तक भोजन पहुंचाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के मोबाईल नंबर भी जारी किए ईद ईद उल फितर का त्योहार आज पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया गया ज्यादातर लोगों ने कोविड मानदंडों का अनुपालन करते हुए आज सुबह अपने घरों में नमाज पढ़ी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ईद की बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्षय तृतीया पर लोगों को शुभकामनाएं दी है प्रधानमंत्री मोदी ने परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दी है इस बीच प्रदेश में भी ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया मुस्लिम भाईयों ने घरों में ही नमाज पढ़ी राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी है

उन्होंने जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों का निरीक्षण किया और प्रषासन को ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए मारकण्डा ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए घाटी में प्रवेष करने पर कोरोना टैस्ट अनिवार्य किया गया है प्रैस क्लब शिमला प्रैस क्लब कोरोना से जूझ रहे पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को आवश्यक दवाईयों की किटें उपलब्ध करवाएगा प्रैस क्लब के अध्यक्ष अनिल हेडली और कोषाध्यक्ष उज्जवल शर्मा ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉज़िटिव मीडिया कर्मियों को दवाईयों की ये किटें घर घर पहुंचाई जाएंगी

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने देश व प्रदेश में कोविड वैक्सीन की कमी और संकमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हिमाचल में कोरोना से मृत्यु दर में लगातार बढ़ौतरी हो रही है राठौर ने सरकार पर प्रभावित परिवारों की मदद न करने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि कोरोना प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जानी चाहिए

उमंग फांउडेशन समाजसेवी संस्था उमंग फांउडेशन जुब्बड़हटटी एयरपोर्ट के समीप सायरी पंचायत में कल रक्तदान शिविर लगाएगी संस्था के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप रक्तदान शिविर लगाने की अनुमति प्रदान करने को कहा है